पिछले वर्ष मानसून के दौरान बाढ़ भूस्खलन और बादल फटने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए यह राशी जारी की गई है

बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गृह वित्त कृषि मंत्रालय और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया

इन्हें तिहाड़ जेल में सुबह सात बजे फांसी दी जाएगी अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने डेथ वारंट जारी करते हुए इसकी घोषणा की इन चार दोषियों के नाम मुकेश विनय शर्मा अक्षय सिंह और पवन गुप्ता हैं वहीं प्रददेश कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है वित्तमंत्री केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र ने कारोबारियों के लिए कई कदम उठाये हैं और वस्तु और सेवाकर जीएसटी को और सरल बनाने पर भी कार्य किया जा रहा है वे आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कारोबार महासंघ सीए आईटी के राष्ट्रीय कारोबार सम्मेलन को संबोधित कर रही थी श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार ने अप्रत्यक्ष कर पर कारोबारियों से भी सुझाव मांगे हैं

सेना भर्ती शिवपुरी में कल से होने वाली सेना भर्ती की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

इस भर्ती को लेकर सेना के अधिकरियों व जिला प्रशासन ने आवश्यक सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं

भर्ती के दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है भर्ती को लेकर कलेक्टर पुलिस अधीक्षक और सेना के अधिकारियों ने मैदान व इसके आसपास का भ्रमण कर यहां पर की गईं व्यवस्थाओं को परखा इसके अलावा आज शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने भर्ती मैदान पर तैनात पुलिसबल को आवश्यक निर्देश दिए

अभियान के तहत जिला स्तर पर एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया जायेगा जिसमे अति कम वजन के बच्चों की जानकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपडेट करेगी

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति कुपोषित बच्चे का संरक्षक बन सकता है

भोपाल मंत्रालय में कोल समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान यह बात कही इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी समाज को विकसित बनाने के लिए उसका शिक्षित होना जरूरी है उन्होंने कहा कि कोल समाज में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास किए जाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि पलायन रोकने के लिए कोल समुदाय को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा

इनमें केन्द्रीय जेल इंदौर जिला जेल बैतूल रतलाम राजगढ़ मुरैना मंदसौर तथा सब जेल गाडरवारा मैहर और खुली जेल रीवा शामिल हैं आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य की सभी जेलों और न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग उपकरण लगाये गये हैं इससे बंदियों की पेशी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आसानी से कराई जा सकेगी नर्मदा गीत अमरकंटक में आयोजित किए जाने वाले नर्मदा माहोत्सव का गीत आज जिला प्रशासन ने जारी किया यह गीत कैलाश खेर की आवाज में फिल्माया गया है वीडियो में अमरकंटक के धार्मिक आध्यात्मिक ट्रैकिंग पर्यावरण पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाया गया है

कार्यक्रम के समापन में कैलाश खेर अपने बैंड कैलासा के साथ शिरकत करेंगे मौसम राजधानी भोपाल में आज बादल छाने से तापमान में थोड़ा इजाफा हुआ है उधर रीवा में धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है हालांकि रात में अभी भी तेज सर्दी का असर महसूस किया जा रहा है शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कोहरा छटने और धूप निकलने से ठंड कुछ कम हुई है

टॉस जीतकर भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया

वे जल्द ही सांची यात्रा पर आयेंगे

जिसका मिलाजुला असर देखने को मिला